इसके बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस दौरान कांग्रेस के सभी सदस्यों को विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है

आयोजन समिति के मुख्य समन्वयक उपखंड अधिकारी चंपालाल जीनगर ने बताया कि जिला प्रशासन जालौर विकास समिति और पर्यटन विभाग की ओर से शाह पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा समारोह के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा महोत्सव की पूर्व संध्या पर आज शाम शहर के सुन्देलाव तालाब पर दीपदान किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूलवामा हमले में शहीद हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर जवानों को श्रद्दांजलि दी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र हमेशा उनके सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को जायका प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है

इंग्लैण्ड की टीम की शुरूआत अच्छी नहीं रही इंग्लैण्ड का पहला विकेट पहले ओवर में ही रोरी बर्न्स के रूप में गिर गया